जान गंवाने वालों की कुल संख्या एक सौ सत्ताइस हुई

बैघनाथ मंदिर में कडी सुरक्षा के बीच स्थानीय लोगों ने की पुजा अर्चना जमशेदपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का सिलसिला भी जारी है

इनमें से दो महिलाएं हैं इसके साथ ही कोरोना के कारण मरने वाले की संख्या एक सौ सताईस हो गई है कोरोना बुलेटिन के मुताबीक अब तक कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बारह हजार आठ सौ बयासी हुई वहीं चार हजार छह सौ बयासी मरीजों को स्वास्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई

उदघाटन के बाद उपायुक्त ने कहा कि जिस तरह से जिले में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की संख्या में भी बढ़ोतरी करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है उपायुक्त ने बताया कि इस अस्पताल के हर वार्ड में इंटरकॉम की सुविधा है यहां टेलिमेडिसिन पद्धति से चिकित्सा उपलब्ध होगी उन्होंने बताया कि अस्पताल के चिकित्सा कर्मी मरीजों के साथ इंटरकॉम के माध्यम से हर एक घंटे के अंतराल पर वार्तालाप कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे यहां के चिकित्सक भी अपने घर से टेलीकॉन्फ्रेंस के माध्यम से मरीजों को परामर्श दे सकेंगे यहां मेल वेंटिलेटर रूम की सुविधा भी उपलब्ध है

ऐसे में जिला प्रशासन ने संक्रमित के इलाज के लिए व्यापक तैयारी कर रखी है

अनुमंडल पदाधिकारी श्री देव ने कहा कि थाना रोड मेन रोड और पालकोट रोड में चार दुकानो को संचालक निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे

इसलिए इन दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है

पाकुड़ कोविड हेल्थ सेंटर से फरार कोरोना संक्रमित तीनों विचाराधीन कैदियों को पकड़ लिया गया है दो भागे कैदियों को पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट से पकड़ा गया है पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बताया कि इलाजरत अर्जुन सिंह और संजीत कुमार पाल को रामपुरहाट में पकड़ा गया

एक कैदी महबुल अंसारी को पहले ही पकड़ लिया गया था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

इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं

देवघर साइबर थाना की पुलिस ने मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र स्थित मोरली पहाड़ी चौक से पांच अपराधियो को गिरफ्तार किया है

सभी आरोपियो को को जेल भेजने की करवाई जारी है मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को साथ ही पूरे क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने कहा है साथ ही उन्होंने घाटशिला प्रखंड के गालूडीह स्थित दारीसाई सबर बस्ती निवासी शांति सबर के समुचित इलाज हेतु उच्च स्तरीय व्यवस्था करने का निदेश दिया है मुख्यमंत्री के आदेश के एक घंटे बाद ही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शांति सबर को अस्पताल में भर्ती करा इलाज की समूचित व्यवस्था कर दी है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि घाटशिला प्रखंड के गालूडीह स्थित दारीसाई सबर बस्ती निवासी शांति सबर उर्फ चिली सबर इलाज के आभाव में कंकाल बन चुकी है बीमारी की वजह से वह चल और बोल नहीं पाती है इधर श्री सोरेन ने पलामू जिले के मेराल में एक छात्रा की मौत मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड पुलिस को जांच का आदेश दिया है पाकृड़ राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने आज पाकृड़ जिले के कसिला गांव मे पौधरोपण किया बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मंत्री आलमगीर आलम ने दो एकड़ जमीन पर फलदार पौधों का रोपण किया

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि गांव का पानी गांव में रहे इसके लिए वृहत पैमाने पर नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना धरातल पर उतारी जा रही है मंत्री श्री आलम ये कहा कि झारखंड को हराभरा बनाने के साथ किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया कराने की दिशा में काम किये जा रहे है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में झारखंड सरकार की नीलाम्बर पीताम्बर बिरसा हरित ग्राम एवम शहीद पोटो खेल विकास योजना खासकर मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माता अमृतानंदनमयी और स्वर साम्राज्ञी लता मंगेश्कर का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने श्री मोदी को रक्षा बंधन के अवसर पर उन्हें श्भकामनाएं भेजी थीं एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की नारी शक्ति के आशीर्वाद से उन्हें शक्ति मिलती है श्री मोदी ने कहा कि करोड़ों माताओं और बहनों की श्भकामनाओं से भारत नई ऊंचाइयां और नई सफलताएं हासिल करेगा राज्य भर में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है अन्य त्योहारों की तरह रक्षा बंधन पर भी कोरोना वायरस के प्रभाव का असर देखा जा रहा है खूंटी जिले में भी भाई और बहनों के प्यार का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के कारण इस बार रक्षा बंधन में बहने दूर रहकर ही भाइयों के लिए राखी पार्सल के माध्यम से भेजी हैं साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कोरोना जागरूकता संदेश भी राखी के बंद पार्सल में भेजा है इधर जमशेदपुर में भी भाई बहनों का पवित्र त्यौहार राखी बड़े ही श्रद्वा और उल्लास से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आह्वान लोकल फॉर भोकल का लोग पूरा पालन करते दिखाई पड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोगों ने राखी और मिठाई सब कुछ अपने घर पर बनाया अपने भाइयों को हाथ में राखी बांधी है और मिठाई खिलाई वहीं लातेहार जिले में श्रद्धा व उत्साह के साथ राखी का त्यौहार मनाया गया बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर जहां भाई बहन के रिश्तों को मजबूती दी वहीं भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन भी लिया बालूमाथ प्रखंड में सुबह से ही भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनूठे पर्व रक्षाबंधन का हर्षोल्लास हर चेहरे पर झलक रहा था

इसके अंर्तगत बाब तिलका मांझी नीलांबर पितांबर तेलंगा खड़िया गया मुण्डा बीर बुधु भगत सिद्दो कान्हु टाना जतरा भगत दिवा किशुन आल्बर्ट एक्का के अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी झींकपानी स्थित सीमेंट फैक्ट्री में आज हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई मजदूर सुकरा गोप कोपर फैक्ट्री में कोयला भरने का काम करता था आज सुबह कोयला भरने के क्रम में ही एक दुर्घटना में वह कोयले के ढेर के नीचे दब गया इलाज के लिए ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई इस घटना के बाद मजदूरों ने एसीसी प्रबंधन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करने का आरोप लगाया है